विधेयक का उद्देश्य निगमों की पुर्नगठन योजना के लिए अनुमति देने की प्रकिया और शेयर धारकों के अधिकृत प्रतिनिधिओं के अधिकार और कर्तव्यों को अधिक स्पष्ट बनाना है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि संशोधन का मकसद है कि कंपनियां बंद न हों विधेयक में ऋण शोधन संबंधी मामलों को समय पर निपटाने का भी प्रावधान है

लोकसभा में कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सड़कों के बेहतर होने से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि इन मार्गों के बनने से प्रदेश में यातायात व्यवस्था और सुगम होगी

यह अभियान सड़क सुरक्षा व सड़क हादसों में कमी लाने के उदेश्य से शुरू किया जा रहा है परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के एतिहासिक रिज मैदान से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे इस दौरान प्रदेश भर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहने और सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा बिलासपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस के पराशर ने बताया कि जिले में चलाए जाने वाले अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों सहित सभी नागरिकों से भाग लेने का आग्रह किया गया है

मौसम प्रदेश भर में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि सिरमौर व चंबा जिलों में सुबह से ही वर्षा हो रही है वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर भूस्खलन होने से संपर्क मार्ग भी अवरूद्व हैं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बरसात से हुए नुक्सान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला के अनुसार मूसलाधार बारिश से दर्जनों सड़कें बंद फसलें तबाह मनाली मैक्लोडगंज में नहीं बनेंगे व्यावसायिक भवन शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखता है एनजीटी ने लगाई रोक हिमाचल सरकार से तीन माह में मांगी रिपोर्ट

इसी समाचार पत्र के मुताबिक गैर हिमाचलियों को नौकरी पर बिफरी कांग्रेस दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है जम्मू कश्मीर व हिमाचल के मध्य सरचू को लेकर विवाद गहराया

हिमाचल दस्तक लिखता है भगौड़े डॉक्टरों पर अब करप्ट प्रैक्टिसिज एक्ट बांड तोड़कर हिमाचल से गए डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ी जबकि दैनिक भास्कर का कहना है डॉक्टरों को पीजी में एडमिशन के लिए डायरेक्टर हेल्थ के पास जमा करवानी होगी एमबीबीएस की डिग्री पांच साल स्टेट में सर्विस के बाद ही वापस मिलेगी छात्रवृति घोटाले पर दैनिक जागरण की सुर्खी है एसीएस व सात अधिकारी सीबीआई की रडार पर

नमस्कार